इनमें राई खड्ड पर आठ करोड़ बीस लाख रुपए से बने पुल का लोकार्पण भी शामिल है मुख्यमंत्री ने कहा कि रामपुर क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और लोगों को उनके घर द्वार पर ही सभी सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी जयराम ठाकर ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है और दूरदारज व दुर्गम इलाकों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद रामस्वरूप शर्मा और भाजपा के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा भी इस मौके मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया है शिमला के एपीजी निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने आज विद्यार्थियों को डिग्री व मैडल प्रदान किए उन्होंने कहा कि जीवन में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आत्म विश्वास अहम भूमिका निमाता है और विकास की राह में आगे बढ़ने में मददगार साबित होता है राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य उत्कृष्ट शिक्षा अनुसंधान के माध्यम से समाज में बेहतर योगदान करना है उन्होंने युवाओं से नए विचारों के साथ आगे बढ़ कर नवभारत निर्माण में योगदान का आहवान किया

इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पोर्टमोर में बाल दिवस पर मेजर स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ किया इसके माध्यम से ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा जिनकी आंखों की नजर कम है इससे जिले के दस हजार बच्चे लाभान्वित होंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिले के सराहन में स्कूली बच्चों से भेंट कर उन्हें बाल दिवस की शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और उनके सही पालन पोषण व विकास से ही देश का विकास संभव है शिमला के चौड़ा मैदान स्कूल में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिसमें बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया राज्य के अन्य स्थानों पर भी बाल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश में जल शक्ति मिशन के तहत एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे मंडी में आज विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि मिशन के तहत हर घर को पाईप के जरिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य है

इस बीच महेंद्र सिंह ने जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि काम को लटकाने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं होगी उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से प्रदेश में होने वाले निवेश से करीब तीन लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोगों से श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया है नाहन में आज एक धार्मिक समारोह के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने भाई चारे व अध्यात्म का संदेश दिया बिंदल ने कहा कि उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और उनसे लोगों को बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है लाहौल सेब जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों सेब सीजन जोरों पर है और बागवान सेब का तुड़ान कर रहे हैं अधिक ऊंचाई के चलते जिले में सेब की फसल देरी से तैयार होती है और यहां का सेब उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है सेब के छिलके मोटे और रसदार होने से लाहौल स्पीति के सेब का लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है लाहौल घाटी में फल मंडी व कोल्ड स्टोर न होने से बागवानों को कम दाम पर अपने सेब बेचने पड़ रहे हैं

बागवानों ने सरकार से लाहौली सेब को ब्रांड के नाम से बेचने की मांग की है ताकि उन्हें अपनी फसल के बेहतर दाम मिल सके मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे और जनजातीय क्षेत्रों में रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है